जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित चार में से तीन लोग ईलाज के बाद इस वायरस से मुक्त हो गए है

इन तीनों के स्वास्थ्य में काफी सुधार आया है फिलहाल इन्हें चिकित्सकों की निगरानी में रेखा गया है कोरोना संक्रमित रोगियों का उपचार करने के लिए देश में सबसे पहले सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों ने एक नई दिशा में काम शुरू किया है उन्होंने इटली के संक्रमित पाये गये दो रोगियों के ईलाज में एचआईवी मलेरिया और स्वाइन फ्लू की दवाइयों के मिश्रण का उपयोग किया इसके लिए डॉक्टरों ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से भी परामर्श किया सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना वायरस के सफल इलाज का समाचार लोगों के लिए अच्छी खबर है उन्होंने एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों और स्टॉफ की इन मरीजों की बेहतर सेवा करने के लिए प्रशंसा की है स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी मरीजों के स्वस्थ होने पर खुशी जताई है इधर हाल ही में एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुए कोरोना वायरस से संक्रमित एक युवक का ईलाज चल रहा है

जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम इनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखे हुए है जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि इन लोगों की जांच करने पर कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है

श्री गहलोत ने कल जिला कलेक्टरों के साथ की गई वीडियो कांफ्रेसिंग में यह निर्देश दिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की गाईड लाईन्स के अनुसार काम करने और संदिग्धों की तुरंत जांच करने की व्यवस्था करने को कहा श्री गहलोत ने सभी जिला कलक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करें कि मास्क और सेनिटाइजर सहित जरूरी उपकरण तथा वस्तुओं की कालाबाजारी नहीं हो किसी तरह की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाए उधर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस के संकमण से बचाव के लिए एहतियाती उपाय करने का परामर्श दिया है

उन्होंने कहा कि भारत इस कोष की शुरूआत करने के लिए एक करोड़ डॉलर दे सकता है श्री मोदी ने कहा कि भारत चिकित्सकों और विशेषज्ञों की एक रैपिड रिस्पांस टीम बना रहा है

श्री मोदी ने कहा कि भारत में वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए इंटीग्रेटिड डिजीज सर्विलेंस पोर्टल स्थापित किया है

इस अवसर पर आज सुबह से ही शीतला माता के मंदिरों में श्रृद्धालुओं की भीड लगी हुई है लोग घरों और मंदिरों में देवी मॉ की विशेष पूजा अर्चना कर ठण्डे पकवानों का भोग लगा रहे है शीतला अष्टमी के पर्व पर जयपुर में राज्य सरकार ने अवकाश घोषित किया है राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए लोगों को बधाई और शुभकामनाए दी हैं

इससे पहले कल पंच और सरपंच के लिए मतदान हुआ